केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत अगले शिक्षण सत्र से उच्च शिक्षा संस्थानों में हजारो सीटें उपलब्ध होगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रदेश के दो जिलों का चयन प्रदेशभर में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है किए जा रहे है दान पुण्य

राज्यपाल कल्याण सिंह ने आज राजभवन में भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चन्द कटारिया को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिला दिलाई इस मौके पर मुख्यमत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित सरकार के कई नये मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे इससे पहले कल भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई जिसमें श्री कटारिया को सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चुना गया था केन्द्रीय पर्यवेक्षक अरूण सिंह ने बैठक के बाद बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने श्री कटारिया के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका विधायकों ने समर्थन किया नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद श्री कटारिया ने कहा कि उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है उसे वे पूरी निष्ठा से निमायेंगे तथा जनता की आवाज को पूरजोर तरीके से उठायेंगे पूर्व मंत्री राजेन्द्र राठौड़ को विधायक दल का उपनेता चुना गया है श्री कटारिया ने उनका नाम प्रस्तावित किया

मादक पदार्थो की मात्रा में कमी लाने की पंचवर्षीय राष्ट्रीय कार्ययोजना का उद्देश्य इस मुद्दे के समाधान के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाना है इसमें प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों की शिक्षा नशामुक्ति और पुनर्वास को उपाय शामिल हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मादक पदार्थ मांग कटौती नीति के मसौदे को मंत्रिमंडल से वापस लिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है कार्ययोजना में स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों और कार्यस्थलों में पुलिसकर्मियों अर्धसैनिक बलों कानून प्रवर्तन एजेंसियों न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ता संगठनों के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं

केन्द्र सरकार ने पिछले साल के अंत में न्यायमूर्ति सिकरी के नाम की अनुशंसा की थी लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा को हटाने बाद उन्होंने यह कदम उठाया है गौरतलब है कि न्यायमूर्ति सिकरी श्री वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाने से जुड़ी चयन समिति में शामिल थे

जयपुर में कल एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने मोदी सरकार के इस निर्णय को आर्थिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया श्री जावड़ेकर ने कहा कि किसी का आरक्षण समाप्त नहीं किया गया और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अलग से दस प्रतिशत आरक्षण दिया गया है

यह फैसला कल नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संकल्प पत्र समिति की बैठक में लिया गया

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर हनुमानगढ़ जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जायेगा

इस दौरान मंडियों में जिसों की बोली नहीं लगेगी हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि व्यापारी ऑफलाइन आढ़तिया की बिल बुक के जरिए गेहूं खरीद की मांग कर रहे हैं

गौबर और गौ मूत्र का चिकित्सीय उपयोग से गोपालक की आय में वृद्धि की जा सकती है डॉकल्ला कल जिला उद्योग संघ कार्यालय के सभागार में राजस्थान गौ सेवा परिषद की ओर से आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि पचमेड़ा मॉडल को गौशालाओं में लागू किया जाना चाहिए यहां गौ मूत्र को चिकित्सा क्षेत्र में काम में लिया जा रहा है वैज्ञानिक तरीके से गौ मूत्र को चिकित्सा पद्धतिं में सम्मलित करके आय का जरिया बनाया गया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से स्टार्टअप एस्पो के माध्यम से गाय के उत्पादों गौबर गौमूत्र से कई चीजे बनाने का काम बीकानेर में शुरू करवाने का प्रयास किया जायेगा

इसके लिए बालवा रोड पर पांच बीघा भूमी पहले ही विद्यालय को आवंटित की जा चुकी है

गौरतलब है कि बैंक प्रबंधक ने कैशियर के खिलाफ पिछले वर्ष दिसम्बर में मामला दर्ज कराया था

इस दिन दान प्रण्य का खास महत्व होने के कारण दिनभर दान पुण्य का सिलसिला चलेगा बाजारों में मकर संक्रांति को लेकर रोनक है लोग सुबह से ही घर की छतों पर पतंगबाजी का लुफ्त ले रहे है और डीजे की धुन पर नाचते गाते दिखाई दे रहे है

कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने शहरवासियों से पतंगबाजी के दौरान चाईनीज मांझे का उपयोग ना करने की सलाह दी है शहर के कई संगठनों ने मांझे की डोर से घायल पक्षियों के इलाज की व्यवस्था भी की है